संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी देते हुए सभी मंत्रियों व भाजपा विधायकों से बैठक में भाग लेने का आग्रह किया है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत समाज के हर वर्ग के लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से मदद दी जा रही है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के अलावा छोटे शहरों व व्यापारियों को इसका अधिक लाभ मिलेगा

इससे पहले आईजीएमसी शिमला टांडा मैडिकल कॉलेज सी आर आई कसौली नेरचौक मैडिकल कॉलेज और आई एचबीटी पालमपुर में ये सुविधा उपलब्ध है

रिर्टन करदाताओं की सुविधा के लिए केन्द्र सरकार ने कल से एसएमएस के जरिए जीएसटीआर अबी फॉर्म में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है

अब शून्य देनदारी वाले इन करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है और वे केवल एक एसएमएस के माध्यम से ही अपना शून्य रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक की निधियों का ये सर्वाधिक आवंटन है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है कोरोना मामले कम होने पर ही खुलेंगे मंदिर दैनिक भास्कर का शीर्षक है कोरोना संकमण कम होने तक नहीं खुलेगा कोई भी मंदिर हिमाचल दस्तक लिखता है अभी बंद रहेंगे हिमाचल में मंदिर और होटल दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं विदेशों में फंसे प्रदेश वासियों की घर वापसी का प्रयास करेगी सरकार आपका फैसला के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया

दिव्य हिमाचल की एक खबर है तीन अग्निकांडों से दहला हिमाचल करोड़ों स्वाह दैनिक भास्कर के शब्द हैं बद्दी की विंसम टैक्सटाइल मील में हादसा अमर उजाला का कहना है फैक्ट्री में आग लगने से कामगार की मौत स्कूल खुलते ही होगी बच्चों की काउंसलिंग शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है मंत्रालय ने राज्यों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिलेबस में कटौती की तैयारी परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के हवाले से आपका फैसला लिखता है प्रदेश में बस किराए में नहीं की कोई वृद्धि अमर उजाला लिखता है निजी बसें नहीं चलेंगी मंत्री का किराये बढ़ाने से इनकार

कोरोना संकमण से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

दैनिक भास्कर की एक खबर है बागवानों ने सरकार से कहा लेबर को वापस लाओ वरना बर्बाद हो जाएगा सेब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

नमस्कार